राज्य के गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए है इसके अनुसार इन सभी इकाईयों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी की पूरी पालना करनी होगी

इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने के बारे में धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कल वीडियो कांफ्रेन्सिंग के मध्यम से चर्चा की चर्चा में आये सुझावों के आधार पर धर्मस्थल फिलहाल नहीं खोलने का निर्णय किया गया इस बारे में राज्य सरकार जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करेगी जिससे प्राप्त सुझावों के आधार पर ही इस बारे में आगे फैसला किया जाएगा

गृह विभाग द्वारा निजी बसों को चलाने की अनुमति भी मिल चुकी है लेकिन निजी बस संचालक टैक्स माफी की मांग पर अड़े हैं परिवहन आयुक्त रवि जैन ने आकाशवाणी को बताया कि निजी बस संचालकों के तीन महीने के टैक्स माफी प्रस्ताव को सरकार को भेज दिया गया है

इसकी प्रमुख जया जेटली होंगी

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित यह दल इन विषयों से संबंधित विधायी उपायों और मौजूदा कानूनों में संशोधन के बारे में सुझाव देगा कार्यदल शिशु मातृ मृत्यु दर कुल प्रजनन दर जन्म लेने वाले शिशुओं और बच्चों में बालक बालिका के अनुपात और स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करेगा यह महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय भी सुझाएगा

हालांकि नये मरीजों के मिलने का सिलसिला भी जारी है

एक मरीज अन्य राज्य का सामने आया है

भारतीय नैरोबी कुवैत जिबूती फैंकफर्ट होचीमिन्ह और जेद्दाह से लौटे हैं

आने वाले यात्रियों में अधिकांश वे छात्र है जो तजाकिस्तान में मेडिकल की पढाई कर रहे थे

उन्होंने बताया कि जालौर जिले के सांचौर भीनमाल बीकानेर की पूगल कोलायत और नोखा तहसीलों में बाड़मेर जिले के चौहटन में जोधपुर जिले के फलौदी तथा बाप तहसीलों में नागौर जिले के मेडता और जायल में तथा पाली जिले में टिड्डी नियंत्रण की कार्यवाही की गई है वहीं जैसलमेर और बाड़मेर में भी टिड्डियों का प्रकोप को देखते हुए वायुसेना और सिविल विमानों की उडान गतिविधियों में बाधा होने की संभावना के मद्देनजर वायुसेना द्वारा ऐहतियात के तौर पर कई कदम उठाए गए है

अलवर के सरिस्का बाघ अभयारण्य क्षेत्र में वन्यजीवों की गणना कल तक चलेगी यह गणना वनकर्मियों द्वारा कैमरा एप की सहायता से की जा रही है इससे पहले कई जिलों में वाटर हॉल पद्धति के आधार पर वन्यजीव गणना का कार्य किया गया सीकर में हुई वन्य जीव गणना के मुताबिक जिले में पहली बार नीम का थाना श्रीमाधोपुर और पाटन रेंज में दो शावकों समेत सात पेंथर होने की पुष्टि हुई है वहीं प्रतापगढ के सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य और ब्रंदी जिले के रामगढ अभ्यारण्य में भी वन्यजीवों की गिनती के उत्साहजनक परिणाम सामने आए है रामगढ़ अभयारण्य क्षेत्र के दो रेंज में पैंथर भालू लोमड़ी अन्य जीवों सहित करीब एक हजार मोर भी मिले है

अभियान के तहत कल पुलिस ने दो डम्पर जब्त किए

झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आज सुबह हल्की बरसात हुई मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक शिव गणेश ने बताया कि आज और कल मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं